इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनऔषधि केन्द्र के मालिकों और इसके लाभार्थियों से बातचीत की श्री मोदी ने कहा कि इन केन्द्रों पर उपलब्ध दवाइयों की कीमत बाजार कीमत से लगभग पचास से नब्बे प्रतिशत कम है उन्होंने कहा कि इस योजना से हर आदमी दवाइयां खरीदने में सक्षम है इधर प्रदेश के मुंगेली जिले में जनऔषधि केन्द्र में प्रधानमंत्री के संवाद के अवसर पर जनऔषधि केन्द्र में मरीजों को दवाई का वितरण किया गया इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मरीजों को जनऔषधि के बारे में जानकारी दी

उन्होंने इस संक्रमण को कम करने के लिए हाथ मिलाने की बजाय लोगों से भारतीय परम्परा के अनुसार नमस्ते कहने को कहा श्री मोदी ने लोगों से बुखार खांसी गले में खराश होने की स्थिति में स्वय उपचार करने के बजाय तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने का आग्रह किया

स्वास्थ्य विभाग ने सभी विभागों के सचिवों और जिला कलेक्टरों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा है स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इस संबंध में पत्र लिखकर एडवायजरी जारी की है स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में भी इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होली मिलन के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नही होंगे गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को एडवाइजरी भेजी गई है जिसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक सभाओं से दूर रहने की अपील की गई है वहीं कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को आगामी इकतीस मार्च तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छूट दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं इस बीच दुर्ग जिले में कोरोना वायरस के आठवें संदिग्ध मरीज का ब्लड सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है सीएचएमओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि यह मरीज हाल ही में चीन और हांगकांग की यात्रा कर लौटा है और उसे भिलाई स्थित घर पर ही होम आइसोलेशन में रखा गया है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में सत्ताईस फरवरी को चर्चा के दौरान किसानों के लंबित टोकन का परीक्षण सचिव स्तर के अधिकारी की निगरानी में होने के बाद धान खरीदी की घोषणा की थी इसके बाद खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप टोकनधारी किसानों से धान की खरीदी के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं उल्लेखनीय है कि प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी की अंतिम तिथि बीस फरवरी निर्धारित की गई थी सशस्त्र बल दीक्षांत समारोह राजधानी रायपुर के माना स्थित चौथी बटालियन में आज छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के बीसवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया समारोह में गृहमंत्री ताम्रध्यज साहू ने नव आरक्षकों के पासिंग आऊट परेड की सलामी ली सशस्त्र बल के एक सौ संतानवे नव आरक्षकों ने बुनियादी प्रशिक्षण के बाद पासआऊट होकर देश की रक्षा और सुरक्षा की शपथ ली इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को बनाये रखने और नक्सल समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है इसके लिए जरूरी है कि पुलिस का व्यवहार आम जनता के साथ मित्रतापूर्ण हो और अपराधियों में भय होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल आठ मार्च को मनाया जाएगा महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही हैं इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों विशेषकर महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल आठ मार्च को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा ग्राम सभा में महिला पोषण शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा उत्तराधिकार और अवसर की समानता पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा आज महासमुंद में स्वास्थ्य और पोषण विषय पर राउंड टेबल कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया इस दौरान मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान सहित पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा की गई कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाएं मीडिया के प्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा पोषण पखवाड़ा प्रदेश के सभी जिलों में कल आठ मार्च से बाईस मार्च तक पोषण अभियान के तहत पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा इस दौरान महिलाओं के साथ साथ पुरूषों को भी विशेष रूप से सुपोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा महिला और बाल विकास विभाग ने विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं रायपुर जिले के कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि पोषण पखवाडे का आयोजन विभिन्न विभागों के सहयोग से जन आंदोलन के रूप किया जाएगा पोषण पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य पोषण के प्रति हितग्राहियों को जागरूक करना और सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है केन्द्रीय मंत्री प्रवास केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नौ मार्च को छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं अपने प्रवास के दौरान श्री ठाक्र राजधानी रायपुर में उद्योगपतियों और व्यापारियों से बातचीत करेंगे साथ ही आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे इसके बाद वे शाम को विमान से दिल्ली लौट जाएंगे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की आठवीं कड़ी का प्रसारण कल आठ मार्च को किया जाएगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार महिलाओं को बराबरी के अवसर विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से किया जाएगा ट्रेन परिचालन होली त्यौहार को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के विभिन्न सेक्शनों में रद्द की गई कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय रेल प्रशासन द्वारा लिया गया है दस मार्च को बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस सह पैसेंजर तथा बारह मार्च को भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस सह पैसेंजर अपने निर्धारित समय पर चलेगी इसी तरह नौ और दस मार्च को टाटानगर बिलासपुर पैसेंजर तथा दस और ग्यारह मार्च को बिलासपुर टाटानगर पैसेंजर का परिचालन निर्धारित समय पर किया जाएगा अवैध शराब कार्रवाई पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने मंदिर हसौद के ग्राम दरबा में छापा मारकर करीब तेरह लाख कीमत की तीन सौ चालीस पेटी और एक वाहन से चालीस पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है कार्रवाई में एक वाहन को जब्त भी किया गया है जिले की चिटटी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में बीजापुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी